राज्यों के सड़क नेटवर्क के विकास के लिए भारतमाला कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू किया जायेगा

साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बेहतरी के प्रयास किये गये हैं

गांव गरीब और किसान के कल्याण का खास ध्यान रखा गया

बुनियादी ढांचे का विकास भारत को पचास खरब डालर वाली अर्थव्यवस्था बनाने की परिकल्पना किसान कल्याण और जल सुरक्षा वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के पहले बजट की मुख्य् बातें हैं उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने न्यू इंडिया की शुरूआत कर दी है और दुनिया को दिखा दिया है कि रिफार्म परफार्म और ट्रांसफॉर्म का सिद्वांत सफल हो सकता है भारत की अर्थव्यवस्था को पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था में बदलने की परिकल्पना प्रस्तुत करते हुए बजट में ग्रामीण जीवन में बदलाव लाने प्रत्याक्ष और अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को आसान बनाने विभिन्न प्रकार के संपर्क के जरिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने भारत की आंतरिक क्षमताओं के उपयोग और सॉफ्ट पावर के रूप में भारत के विकास का लक्ष्य रखा गया है

बजट में अगले दशक के लिए सरकार के दस साल के विजन को भी प्रस्तुत किया गया है इसके अंतर्गत मौलिक और सामाजिक अवसंरचना के विकास डिजिटिल इंडिया प्रदूषण मुक्ति भारत मेक इन इंडिया जल प्रबंधन और नदियों की सफाई अंतरिक्ष कार्यक्रम खाद्यान आत्मनिर्भरता और निर्यात बढ़ाने स्वस्थ समाज और जन भागीदारी के साथ टीम इंडिया भावना को विकसित करने की बात कही गई है बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है उन्होंने कहा कि इस वर्ष जब हम गांधीजी की डेढ सौवीं वर्षगांठ मना रहे हैं तो हमें अपने सभी प्रयासों में अंत्योदय को प्राथमिकता देनी चाहिए उन्होंने कहा कि सरकार के हर प्रयास का केन्द्र बिन्दु गांव गरीब और किसान हैं

वित्तमंत्री ने आशा व्यक्त की कि भारत इस साल गांधी जयंती तक खुले में शौच की कुप्रथा से पूरी तरह मुक्त हो जायेगा

दो करोड़ से पांच करोड़ रूपये की कर योग्य आय वाले व्यक्तियों पर लगने वाले अधिभार में तीन प्रतिशत की वृद्धि की गई है पांच करोड़ से अधिक कर योग्य आय पर अधिभार में सात प्रतिशत की वृद्धि की गई है

सड़क रेल जल परिवहन और हवाई संपर्क बढ़ाने के कार्यक्रमों के लिए बजट में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं भारत माला परियोजना के दूसरे चरण की शुरूआत की जाएगी जिसके अंतर्गत देश भर में सड़क संपर्क का विस्तार किया जायेगा हवाई परिवहन और पोत परिवहन के विकास का भी बजट में लक्ष्य रखा गया है रेल परिवहन के क्षेत्र में बुनियादी ढ़ाचे के विकास में सरकारी निजी भागीदारी के जरिए रेल नेटवर्क बढ़ाने की बात कही गई है

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत दूसरे चरण में करीब दो करोड़ मकानों के निर्माण का प्रस्ताव है

पर्यावरण के अनुकूल टेक्नलोजी का उपयोग करते हुए सड़कों के निर्माण का भी लक्ष्य रखा गया है रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण की भी घोषणा बजट में की गई है जिसके अंतर्गत बड़े पैमाने पर स्टेशनों का आध्रनिकीकरण किया जायेगा

प्रधानमंत्री मछली संपदा योजना के अंतर्गत बुनियादी ढांचे के विकास आधुनिकीकरण उत्पादन उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने की बात कही गई है कृषि आधारित ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बांस शहद और खादी वस्तुओं पर विशेष ध्यान देने की बात भी बजट में बताई गई है

इसके लिए स्थानीय स्तर पर प्रबंधन वर्षा जल संचय भूमिगत जल का स्तर बढ़ाने पर भी ध्यान दिया गया है

साथ ही टैक्स व्यवस्था का सरलीकरण होगा उन्होंने कहा कि इस बजट से इन्फ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकी करण होगा उद्यम और उद्यमियों को मजबूती मिलेगी वहीं देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी और बढ़ेगी श्री मोदी ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में बजट से मदद मिलेगी आर्थिक जगत में सुधार होगा

जिसमें पर्यावरण इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और सोलर सेक्टर पर विशेष बल दिया गया है उन्होंने कहा कि बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने के प्रावधान किये गये हैं इससे गांवों में रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे श्री मोदी ने कहा कि पिछले पांच साल में देश ने निराशा के वातावरण को पीछे छोड़ दिया है प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बजट में अर्थव्यवस्था के सपनों को पूरा करने के प्रावधान किये गये हैं

उनका मानना है कि शिक्षा व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए बजट में अच्छे प्रावधान किये गए हैं